हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में नौंवी और बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त किताबें देने का फैसला किया हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूहं के नल्हड़ स्थित हसन खां मेवाती राजकीय महाविद्यालय में डीएनबी कोर्स श्रू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी

केन्द्रीय यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि डिजीटल इंडिया का मतलब खास लोगों से आम लोगों तक प्रौद्योगिकी को लेकर जाना है उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी शासन का बड़ा साधन बन गई है जो परिवर्तनकारी है

उन्होंने कहा कि डिजीटल इंडिया का उद्देश्य भातरीय को प्रौद्योगिकी साथ सशक्त बनाना डिजीटल विभाजन को खतम करना और डिजीटल समावेश लाना है

उन्होंने राष्ट्रीय सूचना विज्ञानकेन्द्र को इस दिशा में काम करने को कहा हरियाणा के शिक्षामंत्री कंवर पाल ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नौवीं और बाहरवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को म्फ्त किताबे देने का फैसला किया है

वर्तमान में पहली कक्षा से लेकर आठवीं तक के छात्रों को किताबें स्कूल बैग स्टेशनरी और वर्दी मुफ्त दी जा रही है

श्री कंवर पाल ने कहा कि इन चार कक्षाओं के लिए पुस्तके पुस्तकालयों या प्स्तक बैंको के माध्यम से दी जायेगी उन्होंने कहा कि उत्तीर्ण छात्रों को पिछली कक्षा की प्स्तके प्स्तकालय या प्स्तक बैंक में जमा करनी होगी शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार के इस फैसले से न केवल छात्रों के अभिभावकों पर वित्तीय बोझा कम होगा बल्कि कागज की खपत कम होने से पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी उन्होंने आगे बताया कि केन्द्र सरकार दवारा पहले ही नूंह जिले को क्षेत्रीय जिला घोषित किया जा च्का है जिसके तहत बच्चों का स्कूल न छूटे इसके लिए म्फ्त किताबें उपलब्ध कराने के लिए दो करोड़ रूपये पहले ही म्हैया करवाये जा च्के है ये राशि जारी कर दी गई है केन्द्र सरकार की शहरी आजीविका मिशन के तहत ग्रूग्राम में बैंको द्वारा दो लाख रूपये का ऋण देने की योजना बनाई गई है

ग्रूग्राम के शहरीपरियोजना अधिकारी महेन्द्र सिंह ने बताया कि यह ऋण उन लोगों को दिया जायेगा जिनकी वार्षिक आया दो रूपये से कम हो और अपना व्यवसाय करना चाहते है

हरियाणा का राज्य स्तरीय गणतन्त्र दिवस समारोह अंबाला में आयोजित किया जाएगा जहां हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे

म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जींद में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद ग्प्ता गणतन्त्र दिवस पर क्रूक्षेत्र में तथा उपाध्यक्ष श्री रणबीर गंगवा रोहतक में राष्ट्रीय फहराएंगे ध्वज हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चैटाला गणतन्त्र दिवस पर करनाल में गृह मंत्री श्री अनिल विज पंचकूला में शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल सिरसा में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे उप मण्डल म्ख्यालयों पर सम्बन्धित उप मण्डल अधिकारियों द्वारा तथा तहसील म्ख्यालयों पर तहसीलदार द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा

सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगए में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को डीएनबी कोर्स की स्विधा करने का उद्देश्य वहां के लोगों को बेहतर चिकित्सा स्विधायें म्हैया करना है

डीएनबी योग्यता हासिल करने के आद छात्र किसी की शिक्षण या प्रशिक्षण संस्थान सहित अस्पताल में विशेष पदों के लिए पात्र होंगे

प्लिस के अन्सार आरोपी की पहचान राजस्थान के गांव आकडावास निवासी बादर राम में ह्ई है प्लिस ने बताया कि आरोपी को ग्प्ता सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है पंचक्ला स्थित हरियाणा के विशेष प्रवर्तन निदेशालय की अदालत में आज एजेएल भूखंड आंवटन मामले में सुनवाई हुई

पंजाब में मोड़ मंडी बम धमाका मामले में पंजाब प्लिस ने आज सिरसा की नगर परिषद व तहसल कार्यालय में जाकर जरूरी जानकारी जुटाई जांच अधिकारी से जब मीडिया से करनी चाही तो उन्होंने क्छ भी बताने से इन्कार कर दिया हमारे संवाददाता ने सूत्रों के हवाले से बताया कि प्लिस इस मामले के आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा लेने आई थी पंजाब के मोड़ी मंडी में कांग्रेस की रैली के दौरान हये बम धमाके के तार सिरसा से जुड़े है

हरियाणा रोडवेज कर्मचारी य्नियन ने कहा कि प्रदेश सरकार से बातचीत के दौरान मांगों को अगल जल्द लागू नहीं किया तो आंदोलन किया जायेगा रोहतक से हमारे संवाददाता ने बताया कि यह फैसला युनियन की केन्द्रीय समिति की बैठक में लिया गया बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रदेशाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह धनखड़ ने कहा कि दो महीनें के बाद भी सरकार ने मांगो को लागू नहीं किया है उन्होंने बताया कि फरवरी माह मे बैठक बुलाकर आंदोलन की रणनीति तय की जायेगी

इस प्रतियोगिता में अंजली ख्यालिया ने गोला फैंककर प्रतियोगिता मे बेहतरीन प्रदर्शन किया है दोनों खिलाड़ियों का आज भिवानी के सेठ किरोड़ीमल स्कूल में पहंचने पर फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गरिमा सहरावत ने अपनी सफलता का श्रेय पूर्व जिला खेल अधिकारी कोच जय सिंह कालीराम व अपने माता पिता को दिया है